सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

बांसवाड़ा झालावाड़ बूंदी सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाताओं ने समाचार दिए है कि वहां लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे है भरतपुर में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला और लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की इन्ड्रानू में जिला कलेक्टर ने बाजार क्षेत्र का दौरान किया

बूंदी में निर्धारित विभाग अनुसार संस्था का परिचय पत्र और फोटो पहचान पत्र लेकर लोग टीकाकरण के लिये पहुंचे

जैसलमेर में युवाओं में टीकाकरण के प्रति भारी उत्साह देखने को मिला नगरपालिका क्षेत्र में बनाये गये केन्द्रो पर सुबह से ही युवक युवतियों की भारी भीड़ नजर आई

उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में केन्द्र ने कहा है कि सरकार की कोविड वैक्सीन नीति तत्काल मध्यम अवधि और दीर्घावधि जरूरते पूरी करने की दृष्टि से तैयार की गई है हलफनामे में कहा गया है कि मध्यम से दीर्घ अवधि के लिए वैक्सीन की कीमत तय करना महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रयास कर रही है कोविड से संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान से लिये गये मामले में केन्द्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है

हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि इस जैनरेटर को सैटेलाइट अस्पताल में स्थापित किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम से मिले इस जनरेटर की क्षमता पांच सौ लीटर है

एनडीआरएफ की टीम इस जैनरेटर को दिल्ली से अजमेर लाई है

इस बीच प्रदेश में विभिन्न संगठनों और दानदाताओं के सहयोग से भी कोविड मरीजों के लिये ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है

यह सकारात्मक संकेत है कि कोविड से स्वस्थ हो रहे लोगों कीसंख्या निरन्तर बढ रही है हालांकि देश के कई राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में अब भी संक्रमित लोगों की संख्या बढ रही है

उन्होंने कहा कि लोगों को वायरस से संक्रमित होने के परिणामों के बारे में सोचकर डरना नहीं चाहिए और अपना ध्यान दूसरी चीजों पर केन्द्रित करना चाहिए

इधर राजधानी जयपूर में भी दोपहर बाद कुछ देर आंधी चली बूंदी में छींट पड़े भरतपुर में शाम को आंधी आई और आसपास के इलाकों में बूंदा बांदी हुई